इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि इसके लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी है

इनमें कृषि बागवानी पशुपालन मछली पालन खाद्य प्रसंस्करण फार्मा उद्योग पर्यावरण और आतिथ्य सहित पर्यटन व स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं

विजय दिवस आज विजय दिवस है

इस अवसर पर राष्ट्र ने शहीदों को भावभीनी श्रद्दाजंलि दी धर्मशाला में शहीद स्मारक पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने सिक्ख रेजीमेंट द्वारा लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की ऊना में हुए एक समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सैनिकों की शहादत को भूलने वाला राष्ट्र लम्बे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को याद करने का दिन है सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मण्डी में हुए समारोह में कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार से अधिक से अधिक योजनाएं आरम्भ करने का आग्रह किया

इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित केन्द्रीय नेता पन्ना प्रमुखों का मार्गदर्शन करेंगे उन्होंने कहा कि सम्मेलन में पन्ना प्रमुखों को लोकसभा चुनाव में जीत के टिप्स दिए जाएंगे सतपाल सत्ती ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के दम पर भाजपा केन्द्र में फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी बैठक में मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सभी से आगे आने का आह्वान किया है ऊना के लोअर कोटला स्थित एक स्कूल के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा देने की ज़रूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी जन आंदोलन बनाने की जरूरत है गोविंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने अध्यापकों और अभिभावकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है वे आज कुल्लू ज़िले के राजकीय विद्यालय सारी भेखली के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे

विधिक साक्षरता शिमला जिले की शकराह पंचायत में अतिरिक्त ज़िला व सत्र न्यायाधीश अर्पणा शर्मा की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया उन्होंने कहा कि शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को आपसी मामले लोक अदालतों और मध्यस्थता प्रणाली के माध्यम से सुलझाने की पहल करनी चाहिए दूसरी ओर बसंतपुर खण्ड के नैहरा में हुए ऐसे ही एक शिविर में न्यायिक दण्डाधिकारी कनिका गुप्ता ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया अधिवक्ताओं ने विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह ने तत्काल प्रभाव से पार्टी की जुब्बल कोटखाई कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार किया है पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रशांत चौहान इकाई के उपाध्यक्ष जबकि बलदेव पापटा महासचिव बनाए गए हैं

स्थापना दिवस प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शिमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया इसमें कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे इस अवसर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया मौसम राज्य में पिछले कुछ दिनों से खिल रही धूप के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है जनजातीय इलाकों में जहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है वहीं धूप खिलने से दिन के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज हुई है